शहीदों में एक जवान मुरैना जिला का भी मुख्यमंत्री ने घटना को दुभाग्यपूर्ण बताया

कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है बैठक में सरकारी नौकरियों में बाहरी युवाओं की तुलना में प्रदेश के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये नियम बनाने का फैसला लिया है

उच्चतम न्यायालय आधार उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल नम्बर और बैंक खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी है

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि आधार की वैधता पर फैसला सुनाए जाने तक मोबाइल फोन नम्बरों और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समयसीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाई जा रही है उच्चतम न्यायालय आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है

यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर निर्धारित समयसीमा से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया जाएगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा का दोहन करने में अग्रणी है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं

हादसा धार जिले के पीथमपुर से निकल रहे आगरा मुंबई राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़वानी से इंदौर की ओर जा रही कार को कल रात एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी

उन्होंने देवास की प्रसिद्ध माता की टेकरी पर जाकर मां तुलजा भवानी और चामुंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की श्रीमती पटेल ने देवास में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की इस मौके पर स्थानीय विधायक गायत्रीराजे पवार और महापौर सुभाष शर्मा भी मौजूद थे

जिसमें प्रदेश के मुरैना जिले के तरसमा गांव के एएसआई रामकिशन सिंह तोमर शहीद हो गये हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के शहीद होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है श्री चौहान ने ट्वीट के जरिए इस घटना पर दुख जताते हुए दिवंगत जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने भी ट्वीट के जरिए शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है वहीं प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट और मंडला जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं पुलिस महानिरीक्षक मकरंद देउस्कर ने बताया कि इस घटना के मद्देनजर इन दोनों जिलों में आवश्यक कदम उठाए गए हैं विघानसभा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कुपोषण के मामले में प्रदेश सरकार को घेरते हुए उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने की मांग की है श्री सिंह ने विधानसभा में शून्यकाल में बच्चों के कुपोषण का मामला उठाया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि दलिया उत्पादन का काम स्व सहायता समूहों द्वारा होगा लेकिन नहीं हुआ इस मामले में उच्च न्यायालय भी निर्देश दे चुका है प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो चुकी है संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम भिश्रा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जैसे काम मध्यप्रदेश में हुआ है वैसा देश में कहीं नहीं हुआ

अलग अलग क्षेत्र की बाड़ियों में श्रद्धालुओं द्वारा माता के जवारे बोए जा रहे हैं यह उत्सव एक सप्ताह तक मनाया जाएगा आज से निमाड़ के अधिकांश घरों में प्रतिदिन माता के गीत झालरिया गाए जाएंगे इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा

वहीं सीहोर जिले में भी गणगौर पर्व की शुरूआत हो गई है

प्रदर्शनी में बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य जानकारियां दी जायेगी

जीएसटी विभाग के अधिकारी राजस्व वसूली कर रहे है

जिसमें कलेक्टर समस्याओं का निराकरण करेगी